संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति ने कल मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया इस प्रस्ताव पर चीन ने पहले लगाई गई अपनी रोक हटा ली

संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि छोटे बड़े सभी देशों ने इस निर्णय में साथ दिया है और भारत उनके समर्थन के लिए आभारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत के लोगों की बड़ी सफलता है कल शाम जयपुर में एक चुनावी सभा में उन्होंने यह बात कही